पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्यूलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गये कल देर शाम श्री मांझी ने राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों से दलित और गरीब परिवारों को नुकसान हो रहा है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत चार विधान पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जदयू में शामिल होने की घोषणा की है अशोक चौधरी ने विधान परिषद के उप सभापति हारूण रशीद से मुलाकात कर कांग्रेस के चार विधान पार्षदों को अलग गुट की मान्यता देने की मांग करते हुए सदन में अलग सीट आवंटित करने का आग्रह भी किया है अशोक चौधरी के साथ रामचन्द्र भारती दिलीप चौधरी और तनवीर अख्तर ने जदयू के साथ जाने की घोषणा की है श्री चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि जिस पार्टी में सम्मान ही नहीं है वहां रहकर क्या करेंगे उधर कांग्रेस ने चारों बागी विधान पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को बारहवीं पंचवर्षीय योजना से आगे तीन वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दी है पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना दो हजार उन्नीस बीस तक जारी रहेगी इस योजना से अगले तीन वित्तीय वर्षों में पन्द्रह लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास विधेयक दो हजार अठारह को भी संसद में पेश करने की मंजूरी दी विधेयक में मानव तस्करी की रोकथाम बचाव और पुनर्वास के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है इस विधेयक में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अपराध को रोकने के लिए सम्पत्तियों की जब्ती और कानूनी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में हुई इसमें संगठनात्मक मुद्दों और दो हजार उन्नीस के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई बैठक में ाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने बताया कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एकसाथ कराने के बारे में चर्चा की गई उन्होंने कहा कि केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों में सुशासन तथा वहां चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श हुआ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उन्नीस राज्यों में सत्ता में है जो पार्टी के लिए सर्वाधिक है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से योजना व्यय में गैर योजना मद से सात दशमलव पांच हजार करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि पहले कर्ज लेकर वेतन पेंशन का भुगतान किया जाता था जबकि अब कर्ज का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय अराजकता से बाहर निकाला जा सका उन्नीस सौ चौरासी बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के एस द्विवेदी आज राज्य के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे इससे पहले कल निवर्तमान डीजीपी पीकेठाकुर को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने विदाई दी नवनियुक्ति डीजीपी श्री द्विवेदी ने कहा है कि बिहार पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आज वेबसाइट पर अपलोड कर देगी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इस संबंध में कोई भी शिकायत परीक्षार्थी पांच मार्च तक दर्ज करवा सकते हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के आठ पूर्व मंत्रियों को पन्द्रह दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है न्यायाधीश सुधीर सिंह की अदालत ने महागठबंधन सरकार में राजद कोटे के आठ पूर्व मंत्रियों की दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये सभी पूर्व मंत्रियों को पन्द्रह दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया इन मंत्रियों को केंद्रीय पूल के तहत ग्यारह दिसंबर दो हजार पन्द्रह को आवास आवंटित किये गये थे न्यायालय ने जिन पूर्व मंत्रियों को आवास खाली करने को कहा है उनमें चंद्रिका राय अब्दुल बारी सिद्दीकी अब्दुल गफूर शिवचंद्र राम अनीता देवी प्रोफेसर चंद्रशेखर विजय प्रकाश और आलोक कुमार मेहता शामिल हैं राष्ट्रीय जनता दल संसदीय बोर्ड ने आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद को अधिकृत किया है राजद राज्य संसदीय बोर्ड और केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से इस आशय के प्रस्ताव को पारित किया गया बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने की राजधानी पटना के सत्रह पार्कों की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी वन और पर्यावरण विभाग को सौंप दिया गया है नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने विधान परिषद में कहा कि सरकार ने इन पार्को में खेल सुविधाओं का विकास करने के लिए तेरह करोड़ पचास लाख रूपये का प्रावधान किया है आज होलिका दहन है इसको लेकर राज्य भर में व्यापक तैयारी की जा रही है शहरी और ग्रामीण इलाकों में होलिका दहन की तैयारी परम्परागत तरीके से की जा रही है होलिका दहन शाम को होगा होली का त्यौहार कल मनाया जायेगा होली को लेकर बाजारों में रौनक छायी हुई है रंग गुलाल पिचकारी तथा आकर्षक परिधानों से बाजार पट गया है सुबह से देर रात तक लोग खरीददारी कर रहे हैं होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है राजधानी पटना में महत्वपूर्ण जगहों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल श्री मलिक ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि सभी लोग इस पावन पर्व को खुशी और उमंग के साथ मनायें ताकि देश और समाज में सुख शांति रहे मुख्यमंत्री श्री कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होली का यह पवित्र त्योहार राज्य के लोगों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आयेगा और राज्यवासियों की जिन्दगी में खुशहाली आयेगी पटना के पाटलीपुत्र स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में आयोजित अंतर प्रमंडल दिव्यांग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ओवर ऑल खिताब एक सौ सत्तर अंक के साथ पटना ने जीत लिया है वहीं तिरहुत प्रमंडल की टीम एक सौ पचास अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत चार विधान पार्षदों के जदयू में शामिल होने की घोषणा को सुर्खी बनाया है इन खबरों के साथ अखबारों ने तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया है दैनिक जागरण ने इस खबर का शीर्षक बनाया है मांझी ने राजग तो अशोक चौधरी ने कांग्रेस का छोड़ा साथ प्रभात खबर ने लिखा है एनडीए छोड़ महागठबंधन में मांझी चार कांग्रेस एमएलसी का जदयू में जाने का एलान हिन्दुस्तान ने विकास से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है भारत ने विकास दर में चीन को पीछे छोड़ा इसी अखबार ने वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेसिंह के हवाले से लिखा है कि बिहार के विशेष राज्य की मांग पर हो सकता है विचार दैनिक भास्कर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है नीतीश ने कहा सड़क हादसे के दोषियों को सख्त सजा दिलायेंगे इसके अलावा अखबारों ने कार्ति की गिरफ्तारी से मुश्किल में चिदम्बरम नौ मासूमों की मौत के आरोपित मनोज बैठा ने किया आत्मसमर्पण राजद कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को पन्द्रह दिन में खाली करना होगा बंगला से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता दी है